इस वर्ष कोरोना संकट के बीच हो रही महासभा की बैठक अधिकांश रूप से वर्चअली आयोजित होगी वहीं श्री मोदी आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ वर्चुअल बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की किसी पड़ोसी देश के साथ यह पहली वर्चुअल बैठक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश वासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी डॉ सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हए उनके स्वस्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर आज जयपुर सें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये तीन महत्वपूर्ण बैठक करने का कार्यक्रम है पहली बैठक में श्री गहलोत विपक्ष सहित राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा करेंगे इसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों एक्टिविस्ट्स के साथ और चिकित्सकों सेवानिवृत्त विशेषज्ञों और निजी चिकित्सालयों के संचालकों के साथ बैठक करेंगे

देश में कोविड से मृत्यु दर अभी एक दशमलव पांच आठ प्रतिशत है जो दुनियाभर में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है

प्रदर्शनकारियों और शांति समिति के बीच आज चर्चा होने की संभावना है

राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन जैन को राष्ट्रीय पीएसयू अवार्ड से सम्मानित किया गया है

श्री जैन को यह अवार्ड एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी श्रेणी में दिया गया है

इस अवसर पर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले संरक्षित स्मारक आमजन के लिए निःशुल्क रहेंगे इस मौके पर बूंदी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई है